इनमें मैट्रिक पूर्व मैट्रिक परवर्ती और योग्यता तथा आमदनी आधारित छात्रवृत्तियां शामिल हैं इनमें से आधी छात्रवृत्तियां बालिकाओं को दी जाएंगी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल नई दिल्ली में मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन की कार्यकारिणी और सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार समावेशी विकास और विश्वास के प्रति वचनबद्ध है श्री नकवी ने कहा कि स्कूली शिक्षा पूरा न कर पाने वाली अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं को प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों से सेत पाठ्यक्रमों के जरिए फिर से शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा वहीं एक अन्य फैसले में आज देश भर में फैली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को शैक्षणिक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है केंद्रीय वक्फ परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नकवी ने बताया कि इन संपत्तियों को जरूरतमंदों खासतौर से आर्थिक रूप से कमर्जार लड़कियों के कौशल विकास संबंधी रोजगार के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का विमान ओमान ईरान और मध्य एशियाई देशों के रास्ते बिश्केक पहंचेगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख शिवन ने आज बंगलुरू में मीडिया को यह जानकारी दी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

शिवप्री से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर आज शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया इस दौरान लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी गई

शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक तरुण पिथौड़े को भोपाल कलेक्टर बनाया गया है श्री पिथौड़े सीहोर कलेक्टर रह चुके हैं वहीं तेजस्वी नायक को बैतूल कलेक्टर नियुक्त किया गया है सतेन्द्र सिंह सतना और बी एस जामोद को दतिया का कलेक्टर बनाया गया है विशेष गढपाले को सतना कलेक्टर पद से हटाकर मध्य क्षेत्र विद्यत वितरण कंपनी प्रबंध संचालक बनाया गया है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया है कि आम नागरिकों को साथ लेकर पार्टी कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों पर यह यात्रा निकालेगे

श्री सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश के हालात दुर्भाग्यपूर्ण है जहां सरकार पानी और बिजली जैसी समस्याओं पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाए कभी अधिकारियों को कोसती है तो कभी बिजली उपकरणों की गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े करती है भाजपा के प्रदर्शन पर तंज कसते हए कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि भाजपाई सत्ता की बत्ती गुल होने से बेचैन हैं

वे केदारनाथ यात्रा पर गये हुए थे इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था

वे चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और दिग्विजय सिंह शासनकाल में दो बार राज्य मंत्री रहे मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्वन सिंह सहित कई र्नेताओं ने श्री मीणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है

उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को वर्तमान दी जा रही प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि की जायेगी

विशेषज्ञ बताते है कि यह पोषक तत्व शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने मैं कारगर साबित होता है

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोपहर बाद जिले के उमरिया और मानपूर में झमाझम बारिश हई इस दौरान मानपूर में ओले भी गिरे वहीं नीमच में कुछ देर पहले ठण्डी हवाओं के साथ ब्रेदा बांदी होने से मौसम सुहाना हो गया

इसका कुछ असर प्रदेश पर भी पड़ सकता है हालांकि आज भी कई जिलों में पारा पैतालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल के मुकाबले आज गर्मी कुछ कम रही

ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था इस अवसर पर श्रद्वालु पवित्र नदियों में स्नान कर विशेष पूजन अर्चन करते हैं होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुबह से ही यहां बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी के किनारे पूजा की उधर जबलपुर में नर्मदा के विभिन्न घाटों और तटों पर गंगा दशहरा मनाया जा रहा है सतना जिले के चित्रकूट में भी गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धाल् पहुंचे नीमच के गायत्री मंदिर में गंगा दशहरा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजने किया गया डिण्डोरी खण्डवा खरगोनडिण्डौरी शहडोल ग्रना छिंदवाड़ाविदिशा सहित विभिन्न जिलों से गंगा दशहरा मनाये जाने के समाचार मिले हैं

बैठक की अध्यक्षता सांसद राकेश सिंह करेंगे